श्री शाह ने राजनीतिक दलों से संयम बरतने और स्थिति से निपटने के लिए दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करने का आग्रह किया है गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ और समर्थन में प्रदर्शन कर रहे दो गुटो में पथराव के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंसा फैली थी

पिछले वर्ष आज ही के दिन वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किये थे इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में र्जेश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षक वरिष्ठ कमांडो और प्रशिक्षण ले रहे जेहादी समूह मारे गये थे खंडवा अशोकनगर और जबलपुर के पूर्व सैनिकों ने इस मौके पर आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि यह देश के लिए गर्व का क्षण है उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद इस तरह का करारा जवाब जरूरी था

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश की पहचान गरीबी और माफिया से नहीं बल्कि योग्यता से होनी चाहिये